उन्होंने उम्मीद जताई कि इन अस्पतालों के खुल जाने से कोरोना के मरीजों को ईलाज में और अधिक सुविधा होगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन मैकशिप्ट अस्पतालों के लोकार्पण के लिए उपराष्ट्रपति का आभार जताया इन मैकशिफ्ट अस्पतालों का निर्माण सीएसआईआर सीबी आरआई रूड़की द्वारा किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि इन अस्पतालों का न केवल रिकार्ड समय में निर्माण किया गया है बल्कि इनमें आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं

मुख्यमंत्री आज शिमला में अगले वित्त वर्ष के लिए बजट के प्रारूप को मंजूरी देने के लिए आयोजित राज्य योजना बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि नयी प्रणाली सभी चार उपयोजनाओं समान्य योजना अनुसूचित जाति उपयोजना जनजातीय उपयोजना और पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना के नाम अब सामान्य विकास कार्यक्रम अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम और पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम रखे गये हैं

विपिन परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि बजट सत्र के आयोजन को लेकर विधानसभा सचिवालय पूरी तरह सजग है और तैयारियां जोरों पर चल रही है परमार ने आज शिमला में कहा कि सत्र के आयोजन में कोई कमी न रहे इस के लिए विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और समी संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं

उन्होंने कहा कि बजट सत्र के लिए बडी संख्या में विधायकों के प्रश्न विधानसभा सचिवालय को मिल रहे हैं सैजल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश की जनता को बेहतर सड़क सुरक्षा गुणात्मक शिक्षा और स्तरोन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्रथामिकता है सैजल आज कसौली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जाडली में विभिन्न विकास कार्यो के लोकार्पण के बाद जन समूहों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने इस मौके पर स्तरोन्नत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जाडली का विधिवत श्भारम्भ भी किया स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों की विकासात्मक मांगों को चरणबद्ध आधार पर पूरा कर रही है उन्होंने ये भी कहा कि विकास के लिए धन की कोई कमी नही है सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश में किसान आंदोलन का ज्यादा प्रभाव नहीं है उन्होंने आरोप लगाया कि मात्र कांग्रेस के नेता इस आंदोलन पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं सुरेश कश्यप ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि वास्तव में कांग्रेस मुद्दा विहीन है और अपने आप को जीवित रखने के लिए किसान आंदोलन का सहारा ले रही है

इस बीच माईनस तापमान के बावजूद लाहौल स्पिति के केलंग और काजा में आज दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान चलाया गया

प्रदेश हाईकोर्ट ने इस संबंध में अधिसुचना जारी कर दी हैं अधिसुचना में कहा गया है कि संबंधित सिविल व सैशन डिविजन के जिला व सत्र न्यायाधीश इन अदालतों में कोरोना से बचाव को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा ही बागवानों और किसानों की हितेशी रही है तथा प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें उचित मुआवजा प्रदान किया है

बिंदल भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित विधायक प्राथमिकता की बैठक अत्यंत सार्थक और क्षेत्र के हित में रही बिंदल ने कहा कि उन्होंने नाहन विधानसभा क्षेत्र के अनेक विकासात्मक मुद्दों को मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के समक्ष उठाया इनमें सेना क्षेत्र के लोगों की समस्याएं भी शामिल हैं उन्होंने कहा कि सेना क्षेत्र के लोंगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री ने जल्द सुलझाने का आश्वासन भी दिया है